परिषद कुछ और सरकारी तथा प्राइवेट प्रयोगशालाओं को जांच की स्वीकृति देकर लगातार जांच सुविधाएं बढ़ा रही हैं

संस्थान की ही वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी जेसिंता ग्ंजियाल ने एक द्सरे से द्री बनाये रखने पर जोर दिया

अखिल भारतीय आय्र्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप ग्लेरिया परिचर्चा में भाग लेंगे

श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं

राज्य की सामान्य प्रशासन विभाग की सचिव साधना देउरी ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हए महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव और मेटरनिटी लीव के आधार पर अवकाश दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास न्यूनतम कर्मचारियों से सभी कार्यालयों में कामकाज को सूचारु रुप से जारी रखना है

राज्य प्लिस के अन्सार छह सौ आठ लोगो को हिरासत में लिया गया आठ सौ इक्यानवें वाहनों को जब्त किया गया और दो सौ पंद्रह लोगो के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई जबकि चौबीस लाख चौदह हजार छह सौ अस्सी रुपये ज्र्माने की रुप में वसूले गए इधर अपर स्बनसिरी जिले के प्रत्येक चेकगेट पर राज्य के अन्य जिलों से आने वाले लोगो की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है जिला प्रशासन देश के अन्य हिस्सों से आने वाले लोगो पर भी सख्त नजर रख रहा है प्रत्येक चेकगेट पर प्लिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मी लगे हुए है सरकार द्वारा जारी दिानिर्देशो का पालन करते हए कोविड वारियर्स दिन रात अपनी ड्यूटी में लगे हए है

लोहित जिलें में अच्छी बारिश होने से एक तरफ जहां खेती को लाभ हो रहा है वही द्रसरी तरफ नगरीय क्षेत्र में सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है ग्रामीण मार्गो पर जगह जगह पानी जमा होने से लोगो को आवागमन में अस्विधा का सामना करना पड़ रहा है

अधिकारिक स्त्रों के अन्सार सियांग नदी का जलस्तर को एक सौ पचास दशमलव चार चार मीटर है जो कि खतरे के निशान से नीचे है जिला उपाय्क्त डॉ किन्नी सिंह ने लगातार बारिश को देखते हए सभी अधिकारियों से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया है जिला उपाय्क्त ने स्वास्थ्य विभाग से पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाओं का स्टॉक रखने को कहा है उन्होंने निचले इलाकों में रहने वाले लोगो से सतर्क रहने को कहा है

दिल्ली की जामा मस्दिद के शाही इमाम सैय्यद अहमद ब्खारी ने कहा कि सम्ची मानव जाति इस समय कोरोना वायरस की चुनौती से ज्झ रही है और लोगो को इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार का सहयोग करना चाहिए

राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेश वासियों को ईद की बधाई दी है